प्रधानमंत्री इस वर्चुअल बैठक में टीकाकरण अभियान पर चर्चा करेंगे

उन्होंने देश के भागों में बढ रहे कोविड संक्रमण के मामलों पर चिंता व्यक्त की थी और उभर रही दूसरी लहर पर नियंत्रण के लिए त्वरित और निर्णायक कदम उठाने को कहा था

प्रधानमंत्री ने आज ट्वीटर पर जानकारी दी कि उन्होंने एम्स में कोविड का द्रसरा टीका लगवाया उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस को पराजित करने के कुछ तरीकों में से एक टीकाकरण भी है प्रधानमंत्री ने कहा कि यदि कोई टीका लगवाने का पात्र है तो उसे जल्द से जल्द टीका लगवाना चाहिए आज ही केन्द्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर और भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने भी कोविड टीके की दूसरी डोज लगवायी

आठ राज्यों महाराष्ट्र कर्नाटक छत्तीसगढ दिल्ली तमिलनाडु उत्तरप्रदेश पंजाब और मध्यप्रदेश में संक्रमितों की संख्या तेजी से बढी है

बांसवाड़ा जिले के घाटोल सामुदायिक स्वास्य केन्द्र के डाक्टर उर्वेश ने भी लोगों से आगे बढ़ कर टीका लगवाने का आग्रह किया जालौर जिले के चांदराई के रैवेन्यू इंस्पेक्टर ड्रंगराराम ने खूद को टीका लगवाने के बाद लोगों से टीका लगवाने के बावजूद कोविड गाइड लाइन की पालना करने की अपील की करौली जिले में कैला देवी मंदिर आज से श्रद्दालुओं के लिए बंद कर दिया गया है कोरोना के बढ़ते प्रसार को देखते हुए कैला देवी मंदिर ट्रस्ट और जिला प्रशासन ने यह फैसला लिया है मंदिर ट्रस्ट प्रबन्धक ने बताया कि श्रद्दालुओं से कैलादेवी नहीं आने की अपील की गई है

इन सभाओं में कांग्रेस के कई विधायक मौजूद रहे इस सीट पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल तथा राजेंद्र राठौड़ ने भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार किया भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया आज सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर हैं उन्होंने गंगापुर में पार्टी कार्यकर्ताओं ब्रथ अध्यक्ष और शक्ति केंद्र प्रभारियों के सम्मेलन को संबोधित किया आरएलपी के हनुमान बेनीवाल ने आज सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र के गंगापुर में पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया उधर रामसमेंद विधानसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में सांसद दीया कुमारी और मदन दिलावर प्रचार कर रहे हैं

चिकित्सा शिक्षा सचिव वैभव गालरिया ने बताया कि कोविड महामारी के कारण उपजी कठिनाइयों के बावजूद राज्य सरकार का लक्ष्य सभी नए मेडिकल कॉलेजों का निर्माण जल्द से जल्द पूरा कराने का है

कई जिलों में रात के तापमान में भी कमी दर्ज की गयी है मौसम े विभाग ने कहा है कि आने वाले तीन चार दिनों में तापमान फिर बढने की संभावना है